कहा देश पूरी मजबूती और समर्पण के साथ कोविड महामारी की चुनौती से बाहर निकलेगा सोमवार से प्रदेश के पांच और जिलों में अट्ठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण होगा शुरू राज्य में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के पन्द्रह हजार सात सौ सैंतालीस नये मामले सामने आये छब्बीस हजार एक सौ चौहत्तर लोग हुए स्वस्थ नीति आयोग ने प्रदेश सरकार की टेस्ट ट्रेस और ट्रीट नीति की सराहना की कहा अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए यह मॉडल कोरोना संक्रमण में बढोतरी जारी है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

मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि देश प्री मजबूती और समर्पण से कोरोना महामारी की च्नौती से उबर जाएगा उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत कठिन घड़ी में हिम्मत हारने वाला राष्ट्र नहीं है भारत हिम्मत हारने वाला देशनहीं है ना भारत हिम्मत हारेगा और ना कोईमारतवासी हिम्मत हारेंगे हम लड़ेंगे और जीतेंगे गांव में रहने वाले सभी भाई बहनोंको कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं यह संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंवरहा है देश की हर सरकार इससे निपटने के लिये हर संगव प्रयास कर रही है इसमें गांवके लोगों की जागरूकता हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थायेंहैं उनका सहयोग उनकी भागीदारी उतनी हीआवश्यक है आपने देश को कभी निराश नहीं किया इस बार भी आपसे यही उम्मीद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कल देश के साढ़े नौ करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की आठवीं किस्त जारी करने के बाद वर्चअल कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि किसानों ने कोविड के दौरान परीक्षा की घडी में देश के प्रति दृढ़ सेवा भाव दिखाया है उन्होंने कहा कि किसानों के श्रम का ही परिणाम है कि कोरोना काल में भारत विश्व की सबसे बड़ी निशुल्क राशन की परियोजना चला रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पिछले वर्ष आठ महीने तक गरीबों को निःशुल्क राशन दिया गया इस वर्ष मई और जून में भी देश के अस्सी करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन उपलब्ध कराने का प्रबंध किया गया है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना का लाभ पा रहे किसानों से बातचीत की इनमें प्रदेश के उन्नाव जिले का एक किसान भी शामिल हैं

इन किसानों को पांच हजार दो सौ तीस करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित की जा रही है इस कार्यक्रम में वर्यअल माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि अन्नदाता किसानों का स्वावलम्बन व कोरोना काल में आर्थिक संबल बनी पीएम किसान सम्मान निषि योजना के तहत वर्ष दो हजार अट्टारह उन्नीस से लेकर वर्ष दो हजार बीस इक्कीस तक कुल सत्ताईस हजार दो सौ तिरसठ करोड़ रूपये की धनराशि प्रदेश के किसानों को वितरित की जा चुकी है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संवेदनशील नेतृत्व के कारण ही कोरोना काल में भी किसान हितों का सतत संरक्षण हो रहा है कौशाम्बी जिले के उप निदेशक कृषि उदय भान गौतम ने बताया कि जिले के दो लाख दस हजार किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि भेजी गई है प्रदेश में आगामी सोमवार से पांच और जनपदों में अट्ठारह से चौवालीस वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जायेगा इस समय अधिक संक्रमण वाले अट्ठारह जनपदों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है जिन जिलों में टीकाकरण शुरू होगा उनमें मिर्जापुर बांदा गोण्डा आजमगढ़ और बस्ती शामिल हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल वर्यअल माध्यम से संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है और अब तक एक करोड़ चौवालीस लाख से अधिक टीके लगाये जा चुके हैं श्री प्रसाद ने बताया कि एक करोड़ तेरह लाख बयासी हजार छः सौ चार लोगों को टीके की पहली खुराक और तीस लाख चौवन हजार दो सौ अट्ठावन लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है प्रदेश में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है पिछले चौबीस घंटों में संक्रमित होने वालों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या दस हजार से अधिक है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश में कोविड संक्रमण के पन्द्रह हजार सात सौ सैंतालीस नये मामले सामने आये हैं जबकि इस दौरान छब्बीस हजार एक सौ चौहत्तर लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर छियासी दशमलव आठ प्रतिशत हो गयी है श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच तेज गति से जारी है एक दिन पूर्व दो लाख तिरसठ हजार से ज्यादा नमूनों की जांच की गयी अब तक प्रदेश में चार करोड़ इकतालीस लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिये चलाये जा रहे टेस्ट ट्रेस और ट्रीट की नीति को डल्ब्यूएचओ द्वारा सराहे जाने के बाद नीति आयोग ने भी इस नीति की सराहना की है राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने कहा है कि अन्य राज्यों को भी इस मॉडल को अपनाना चाहिये श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्ट की संख्या प्रतिदिन तीन लाख से ऊपर किये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश के तीन सौ सत्तर अस्पतालों में वातावरण से ऑक्सीजन बनाये जाने के प्लांट लगाये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि पन्द्रह अस्पतालों में यह प्लांट रिकॉर्ड समय में स्थापित भी कर दिये गये हैं और वे अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी औद्योगिक नीति ला रही है जिसमें उद्योगपतियों को इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिये प्रेरित किया जायेगा श्री सहगल ने कहा कि पिछले डेढ़ माह में राज्य में लगभग अड़तीस हजार बेड बढ़ाये गये हैं ये सभी बेड ऑक्सीजन बेड हैं चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच हुए संघर्ष की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए महानिदेशक कारागार से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है

कल सुबह चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच हए संघर्ष में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बदमाश अंशुल दीक्षित ने दो कैदियों की गोली मार कर हत्या कर दी संघर्ष के दौरान कई राउंड गोलियां चलीं इस दौरान पुलिस ने अंशुल दीक्षित को सरेन्डर करने को कहा लेकिन वह लगातार फायर करता रहा जिसमें पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में अंशुल भी मारा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को निर्देश दिये हैं कि राज्य आपदा प्रबंधन पर एसडीआरएफ और पीएसी जल पुलिस को प्रदेश की सभी नदियों में पेट्रोलिंग के लिये लगाया जाये यह फोर्स नावों के सहारे प्रदेशभर की नदियों में भ्रमण करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति नदियों में शव न बहाये उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि नदियों के किनारे स्थित सभी गांव तथा शहरों में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम प्रधान शहारों में कार्यकारी अधिकारी और नगर पालिका नगर पंचायत और नगर निगम के अध्यक्षों के माध्यम से समितियां बनाकर यह सुनिश्चित करें कि उनके गांव तथा शहर में कोई भी परम्परा के नाते शव को नदियों में न बहाये उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसे सम्मानजनक रूप से अन्त्येष्टि का अधिकार है इसके लिये अन्त्येष्टि धनराशि स्वीकृत की गई है उन्होंने बताया कि यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो स्थानीय स्तर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बारहवीं की परीक्षाओं के संबंध में क्छ अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हए स्पष्ट किया है कि बारहवीं की परीक्षाओं को रद्द करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है बोर्ड ने कहा है कि इस संबंध में जब भी कोई निर्णय लिया जायेगा तो आधिकारिक तौर पर जनता को सूचित किया जाएगा